केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लॉकडाउन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर स्रक्षित दूरी बहत महत्वपूर्ण है ज्यादातर लोग इसे समझते हैं और अपने आप को घरों में बंद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें सभी को यह मंत्र मानना है और प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा का प्रयास करना है

उन्होंने कोरोना संकट के समय एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक सैंपल लिए जाने तथा अंतर्राज्यीय सड़क वायु और रेल सुविधाओं पर प्रतिबंध जारी रखने का सुझाव भी दिया श्री बघेल ने यह भी आग्रह किया कि राज्य में पीपीई किट की संख्या में वृद्धि और परीक्षण की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित रखने और ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की भी बात कही मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस जिलों में से केवल पांच जिलों से ही कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं शेष जिलों में संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं प्रदेश में प्रतिदिन औसतन एक सौ तैंतीस सैंपल लिए जा रहे हैं जो अत्यंत कम है इसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है या नहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन तीन से पांच हजार सैंपल लेने की आवश्यकता है कोरोना संक्रमण पुष्टि केन्द्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की आवश्यकता नहीं है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की आवश्यकता है श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक करोड़ गोलियों की आवश्यकता है और अभी सवा तीन करोड़ से अधिक गोलियों का भंडार है

राजनांदगांव जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि इनमें से किसी ने भी निजामुद्दीन में हुए सम्मेलन में शामिल होने की बात छिपाई तो उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा कलेक्टर ने कहा कि जिले में तबलीगी जमात के अनुयायी बड़ी संख्या में है और इन लोगों का हाल ही में कई स्थानों पर आना जाना रहा है इसी जिले में महाराष्ट्र से झारखंड जा रहे पांच लोगों को पुलिस ने पकड़ा है इस बीच कोरबा जिले में अन्य जिलों से संपर्क रखने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी ऐसे कर्मचारी जो दूसरे जिलों से अप डाउन करते हैं उन्हें कोरबा जिले में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच कटघोरा की मस्जिद में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले सोलह लोगों को रूकवाने और सामूहिक नमाज अदा करवाने के साथ ही दावत का इंतजाम करने के मामले में पुलिस ने मस्जिद के इमाम सहित करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है बिलासपुर जिला प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को स्वयं सामने आकर जानकारी देने के लिए कहा है जिन्होंने बीते एक माह के भीतर कटघोरा आना जाना किया है या संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं ऐसे लोगों के बारे में जानकारी टोल फ्री नंबर एक सौ चार पर दी जा सकती है

इनमें से तेईस लोगों की पहचान कर ली गई है दूसरी ओर मुंगेली जिला अस्पताल में तेईस मरीजों को और पथरिया के क्वारेंटाइन सेंटर में चार लोगों को रखा गया है इनमें से चार की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है वहीं रायगढ़ जिले में निजामुद्दीन से लौटे दंपत्ति और एक अन्य युवक के घर के आसपास स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग तीन हजार घरों में सर्वे किया जा रहा है कोरोना आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को बढ़ावा दें ताकि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में प्रा देश एकजुट हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम नियंत्रण और प्रबंधन की सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की लोग परस्पर सुरक्षित द्री बनाये रखे डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना के इलाज के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उन्नीस अस्पतालों की स्थिति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में ऐसा अस्पताल बनाये जाने की जरूरत है

परामर्श में कहा गया है कि इस महामारी के प्रकोप के दौरान जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति को देखते हुए लोगों में भय और चिंता बढ़ जाती है जिसकी वजह से सामाजिक डर का माहौल बन जाता है ऐसी गतिविधियों से वैमनस्य अराजकता और अनावश्यक सामाजिक बाधाएं पैदा होती हैं कोरोना वायरस के बारे में आशंकाओं और झूठी खबरों के कारण कुछ समुदायों और क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिसे देखते हुए मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सलाह दी है कि आपस में दूरी बनाए रखकर और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कर इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है लोगों को यह सलाह दी गई है कि वह कोरोना वायरस से जुड़े सामाजिक लांछन को समाप्त करने के लिए कुछ कदमों का पालन करें स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मचारी जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वे प्रशंसा के पात्र हैं इसलिए उनका समर्थन और हौसला अफजाई करें स्वास्थ्य पेशेवरों सफाई कर्मचारियों और पुलिस को निशाना न बनाएं प्रभावित व्यक्ति और उसके इलाके के नाम या पहचान को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें कोरोना वायरस के प्रसार के लिए किसी समूदाय या क्षेत्र को दोषी न ठहराएं साथ ही डर और दहशत फैलाने से बचें

राजधानी रायपुर में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी सभी सब्जी और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी सड़क पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही वाहन भी जब्त किए जाएंगे बिलासपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने आश्रमों और संस्थाओं में निवासरत् बुजुर्गों का राशन कार्ड एक सप्ताह के भीतर बनाने के निर्देश दिए हैं इसी तरह रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यूथ वॉलिंटियर्स भी तैयार किए जा रहे हैं रेडक्रॉस सोसायटी ने विभिन्न कॉलेजों के इच्छुक छात्र छात्राओं से आवेदन मंगवाए हैं सभी वॉलिंटियर्स को मास्क और सेनिटाईजर उपलब्ध कराया जाएगा ये वॉलिंटियर्स नगर के भीडभाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे वहीं राजनांदगांव जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए अब नौ मई को परीक्षा आयोजित की जाएगी इस बीच राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने वृद्धाश्रम में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बुजुर्गों को सेनिटाईजर का वितरण किया

बैठक में द्कानों और वाहनों को सैनिटाईज करने का निर्णय लिया गया वहीं जिला मुख्यालय बैंकुंठपुर में रविवार का साप्ताहिक बाजार अब मिनी स्टेडियम हाईस्कूल में दोपहर तीन बजे तक लगेगा उधर रायगढ़ जिले के तराईमाल स्थित एक फैक्ट्री में काम करने वाले उन्नीस मजदूर जो पैदल ही बिलासपुर जा रहे थे उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोककर खरसिया के छात्रावास में ठहराया है दुर्ग के नेहरू नगर क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम की टीम ने रात नौ बजे तक जूस सेंटर खोलने के मामले में दुकानदार पर दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है वहीं अब से कुछ देर पहले खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने भिलाई के नेहरू नगर में स्थित एक दवा द्वकान में दबिश देकर संचालक द्वारा मास्क को तीन गुना अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में कार्रवाई की है जिला अस्पताल दुर्ग और सिविल अस्पताल सुपेला सहित सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फीवर सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां सर्दी खांसी और बुखार पीड़ित मरीजों की अलग से जांच की जाएगी वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और उन्हें जूते तथा दस्ताने वितरित किए गए उधर नारायणपूर जिले में बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत विभाग के करीब सौ अधिकारी कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं अंबिकापुर के तेईस विद्यार्थियों के राजस्थान के कोटा में फंसे होने की जानकारी अभिभावकों ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी है बालोद जिले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव गांव जाकर संग्राहकों से समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी कर रहे हैं कोरोना पीडीएस कार्रवाई जांजगीर चांपा जिले के ग्राम जुड़गा और चारपारा स्थिति शासकीय उचित मूल्य की द्कानों में खाद्यान्न सामग्री की हेरा फेरी के मामले में द्कान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न सामग्रियों की हेरा फेरी की शिकायत पर खाद्य विभाग ने जांच की इस मामले में मालखरौदा पुलिस ने स्व सहायता समूह के चार पदाधिकारियों और सदस्यों को गिरफ्तार किया है गौरतलब है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के सभी उचित मूल्य की द्कानों से लोगों को समय पर खाद्य सामग्री प्रदाय करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश खाद्य अधिकारियों को दिए हैं भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताहभर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के लिए शुरू किया गया है इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है इस संबंध में सुझाव भारत पढ़े ऑनलाइन डॉट एमएचआरडी ऐट जीमेल डॉट कॉम पर या हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन का उपयोग कर टिवटर पर सोलह अप्रैल तक भेजे जा सकते हैं मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है जबकि सुकमा जिले के दोरनापाल और जगरगुंडा क्षेत्र में बीती रात तेज हवा चलने के कारण कई पेड़ गिर गए

राज्य शासन ने अशासकीय और निजी स्कूलों की फीस विनियमन के लिए तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है